मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके अलावा अन्य विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने पर भी मुहर लगाई गई प्रदेश के जलाश्यों में मछली के मूल्यों में एकरूपता लाने मछली को एक ब्रैंड बनाने और इसके उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई यह परियोजना गोबिंद सांगर झील में लागू की जाएगी बैठक में वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके

यह उद्योग कांगड़ा सिरमौर बिलासपुर सोलन ऊना और शिमला में स्थापित किए जाएंगे बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

पहली उड़ान भूंतर स्टिंगरी मृंतर दूसरी भूंतर जिस्पा मृंतर और तीसरी उड़ान भूंतर गोंदला सिस्सू भूंतर के बीच भरी जाएगी यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्मर करेंगी इस बीच चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए आज निर्धारित उड़ाने न होन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा पांगी कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में पांगी घाटी के लिए जल्द हवाई उड़ाने कराने की मांग की गई है संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने कहा कि घाटी के लिए इस सीजन में एक भी उड़ाने नहीं हो पाई है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से पांगी के लिए नियभित उड़ाने और प्रस्तावित चैहणी पास सुरंग का निर्माण करवाने की मांग की है

लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने पर यह अभियान स्थगित कर दिया गया है मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट आई है और जबर्दस्त ठंड का दौर जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है हालांकि घाटी में पिछले दिनों भारी बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों और बाधित बिजली व पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास जारी है जिले के मौजूदा हालात को लेकर आज केलंग में एसडीएम अमर नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने सभी विमागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए नेगी ने संबंधित विमागों को पेयजल और बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने सहित अस्पताल तक जाने वाली सड़कों से जल्द बर्फ हटाने को कहा

प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्परोधी तकनीक से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं

कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने मिस्त्रियों को भूकंपरोधी तकनीक से घर बनाने की बारीकियों से अवगत कराया ताकि आपदा के समय नुक्सान को कम किया जा सके परिषद के वैज्ञानिक गोपाल जैन ने बताया कि समी जिलों में ऐसे प्रशिक्षण कार्येक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि भूकम्प के खतरे को कम किया जा सके मिस्त्रियों ने कार्यशाला को लामकारी बताया